झारखंड समेत पूरे देश में आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है इसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के साथ यातायात नियमों से अवगत कराया जायेगा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि सड़कों में गड्ढों की पहचान और मरम्मत के लिए चौदह हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय चौम्पियनशिप सुरक्षित गति प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई इधर राजधानी रांची के मोरहाबादी में सड़क सुरक्षा माह का आगाज हुआ पश्चिमी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के उदघाटन समारोह में सांसद गीता कोड़ा ने लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई और प्रचार वाहन को रवाना किया

राज्य का पाक्ड़ जिला कोरोना मुक्त हो चुका है वहीं चौदह जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या पच्चीस से भी कम है सबसे ज्यादा छह सौ बीस संक्रमित रांची जिले में हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में एक सौ तिरसठ धनबाद में इकसठ बोकारो में अड़तालीस और गुमला तथा लोहरदगा जिले में तैंतालीस तैंतालीस मरीजों का इलाज चल रहा है फिलहाल एक हजार दो सौ पच्चीस सक्रिय मामले हैं इधर राज्य के उनचास केंद्रों पर आज दूसरे दिन लाभार्थियों को कोरोना टीका लगाया गया इन सभी केंद्रों पर हर सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार और शुक्रवार को टीकाकरण कार्यक्रम चलेगा

अब तक एक करोड़ दो लाख ग्यारह हजार से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में तेरह हजार सात सौ अठासी नये मामले सामने आये और इसी अवधि में चौदह हजार चार सौ लोग संक्रमण से ठीक भी हुए इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल एक दशमलव नौ सात प्रतिशत है अब तक अठारह करोड़ सत्तर लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर कोयला खनन से जुड़े श्रमिकों के हालात पर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने कोल खदानों को लेकर भी राज्य सरकार के रुख से कोयला मंत्री को अवगत कराया मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिले और सरकार के क्रियाकलापों और गतिविधियों को लेकर चर्चा की

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उनमें से कुछ विचारों पर चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं

इस मौके पर सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जन मुंडा मौजूद रहेंगे इन दोनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर का उदेश्य देश में खादी कारीगरों और जनजातीय आबादी के एक बड़े भाग को मजबूत करते हए स्थानीय रोजगारों का सुजन करना है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल सके पहले समझौते के तहत जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खादी के कपडे की खरीदारी मंत्रालय करेगा वहीं दूसरा समझौता प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में केवीआईसी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय की भागीदारी से संबंधित है मूख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग की नौ ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसमे इन सेवाओं से जुड़े मामलों के क्रियान्वयन तथा निष्पादन की समय सीमा का प्रावधान है इन सेवाओं से संबंधित पदाधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकार और दूसरे अपीलीय प्राधिकार भी तय कर दिये गये है पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमन्त सरकार पर जनता से किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है धनबाद दौरे पर आए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है भ्रष्टाचार और अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकार की कार्यशैली के खिलाफ पार्टी आंदोलन तेज करेगी श्री मरांडी जिले के निरसा में आयोजित अनुसूचित जाति सम्मेलन में भी शामिल हुए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

रामगढ़ जिले में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा सीएसआर के तहत किये जाने वाले विकास कार्यों की उपायक्त संदीप सिंह ने समीक्षा की

उधर जिले के दुलमी गोला चितरपुर एवं पतरातू प्रखंड कार्यालय में शिविर लगाकर मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए लोगों से आवेदन लिये गये रक्षा सचिव अजय कुमार ने आज नई दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी द्वारा आयोजित स्वछता पखवाड़े का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है और राष्ट्र निर्माण में इसने अहम योगदान दिया है इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बल मिला है उन्होंने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने में कोरोना वारियर्स के रूप में एनसीसी के योगदान की सराहना की

जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आदि संस्कृति बनाये रखने में स्थानीय पर्व त्योहारों और मेलों का अहम योगदान रहा है वे आज खूंटी जिले के भूत गांव में आयोजित दुसु मेले में शामिल हुये उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी अपनी कला संस्कृति और परम्परा को और भी आगे ले जाना है श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृति समेत कई सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है ब्रिसबेन में खेले जा रहे चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोये चार रन बना लिये हैं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में दो सौ चौरानबे रन बनाकर आउट हो गई इस तरह भारत के सामने जीत के लिए तीन सौ अठाईस रन का लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्मिथ ने सबसे अधिक पचपन रन बनाए जबकि भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने पांच विकेट लिये इससे पहले आस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में तीन सौ उनहतर रन और भारत ने तीन सौ छत्तीस रन बनाए थे

उन्होंने राज्यपाल को प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया

पुलिस ने चोरी की सात मोटरसाइकिल भी बरामद की है